राज्य के मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी की ओर से जारी किए गए इन दिशानिर्देशों में कहा गया है कि आगामी त्योहारों के दौरान अत्यधिक सतर्कता बरती जायेगी और किसी भी तरह के सार्वजनिक कार्यक्रम या जुलूस आदि को प्रशासन की अनुमति के बिना आयोजित नहीं किया जाएगा सामाजिक कार्यक्रमों में कोविड से बचाव के तीन उपाय दो गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखना मास्क लगाना और सैनेटाइजर की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा जुल्सों और सार्वजनिक कार्यक्रमों में साठ वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों दस वर्ष से छोटे उम्र के बच्चों और गम्भीर बीमारियों से ग्रस्त व्यक्तियों को भाग लेने की अनुमति नहीं होगी

हालांकि जहां परीक्षाएं चल रही हैं वहां परीक्षाएं यथावत सम्पन्न करायी जायेंगी ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर और शहरों में प्रत्येक वार्ड स्तर पर एक एक नोडल अधिकारी अथवा कर्मचारी की तैनाती करने के निर्देश दिए गए हैं इसके साथ ही रेलवे स्टेशन हवाई अड्डों और बस स्टेशनों पर यात्रियों की सघन कोविड जांच कराने के भी निर्देश दिए गए हैं ऐसे राज्यों में जहां संक्रमण अधिक है वहां से आने वाले लोगों की कोविड जांच अनिवार्य रूप से की जाएगी साथ ही जनपदों में स्थापित इन्टीग्रेटेड कोविड कमाण्ड सेण्टर में प्रतिदिन जिलाधिकारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और मुख्य चिकित्साधिकारी को बैठक कर कोविड की स्थिति की नियमित समीक्षा करने के भी निर्देश दिए गए हैं

अब कक्षाएं ऑनलाइन माध्यम से चलेंगी विद्यार्थियों को हॉस्टल खाली करने को भी कहा गया है उन्हें किताबें और अन्य अध्ययन सामग्री साथ लेकर घर जाने की सलाह दी गयी है जिससे उनकी पढ़ाई प्रभावित न हो

हमारे प्रतिनिधि ने बताया है कि अगले सप्ताह कोर कमेटी की बैठक में कोविड की स्थिति की पूनः समीक्षा की जाएगी जिसके बाद ऑफलाइन कक्षाओं के संचालन पर निर्णय लिया जाएगा वाराणसी के सभी गंगा घाटों पर होली के दिन निषेघाज़ा लागू रहेगी जिलाधिकारी ने इस सम्बन्ध में निर्देश जारी करते हुए कहा कि गंगा घाटों पर उन्तीस मार्च की रात बारह बजे से धारा एक सौ चौवालिस लागू हो जाएगी इस दौरान गंगा में नावों के संचालन पर प्रतिबंध रहेगा साथ ही गंगा में स्नान के समय साबुन डिटर्जेंट या अन्य केमिकल के प्रयोग पर रोक रहेगी जिलाधिकारी ने कहा कि उन्तीस मार्च को जिले में होली परम्परागत रूप से मनायी जाएगी उन्होने कहा कि लोग होली खेलने के बाद गंगा में नहाने के लिये जाते हैं इस दौरान किसी भी तरह की अनहोनी न हो इसलिये यह कदम उठाया गया है कृतज्ञ राष्ट्र आज भगत सिंह राजगुरू और सुखदेव को उनके शहादत दिवस पर भावमीनी श्रद्वांजलि अर्पित कर रहा है उन्नीस सौ इकत्तीस में आज ही के दिन ब्रिटिश शासकों ने तीनां स्वतंत्रता सेनानियों को सत्ता के विरुद्व उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए लाहौर में फांसी पर लटका दिया था शहीदों की याद में देश प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तीनों स्वतंत्रता सेनानियो भगत सिंह राजग्रू और सुखदेव को शहीद दिवस के अवसर पर श्रद्वांजलि दी है अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि इन महान वीरों का अमर बलिदान युगों युगों तक सभी देशवासियों को राष्ट्र सेवा के लिये प्रेरित करता रहेगा अयोध्या जिले में आज राज्य परिवहन निगम की बस और ट्रक की टक्कर में छह लोगों की मृत्यु हो गयी जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गये हादसा जिले की कोतवाली रुदौली क्षेत्र में हुआ पुलिस ने बताया कि दुर्घटना ट्रक द्वारा परिवहन निगम की बस को ओवरटेक करते समय हुयी बस कानपूर से गोरखपूर आ रही थी मृतको में पांच व्यक्ति बस्ती के और एक व्यक्ति देवरिया का रहने वाला है गंभीर रूप से घायल दोनों व्यक्तियों को इलाज के लिए लखनऊ के ट्रामा सेंटर भेजा गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुर्घटना में लोगों की मृत्यू पर गहरा शोक व्यक्त किया है

श्री योगी ने अधिकारियों को दुर्घटना में घायल व्यक्तियों के समुचित उपचार की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए हैं